आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये

मंत्रिमण्डल की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने संवाददाताओं को दी उन्होंने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को दीपावली के अवसर पर कर्मचारियों को दिया गया सरकार का तोहफा बताया

बढ़े हुए महंगाई भत्ते की रकम इस साल जुलाई से दी जाएगी

इन परिवारों को तब इसका लाभ नहीं मिल सका पैकेज के तहत प्रति परिवार एकमुश्त साढ़े पांच लाख रुपये प्रदान करने का प्रावधान है सीएम बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में होने वाले आगामी राष्ट्रीय खेल के लिए सभी तैयारियां निर्धारित समय में पूरी कर ली जाएंगी

उन्होंने प्रत्येक महीने का टारगेट निर्धारित कर काम करने और इसकी समीक्षा करने को कहा मुख्यमंत्री ने बरसात के सीजन को ध्यान में रखकर कार्ययोजना बनाने के भी निर्देश दिये जिन राज्यों में पिछले राष्ट्रीय खेल हुए हैं उनके अनुभवों के आधार पर तैयारियां की जाएंगी

बॉक्सिंग प्रतियोगिता पिथौरागढ़ में आयोजित की जायेगी देहरादून और हल्द्वानी में एक एक खेल गांव भी बनाया जायेगा देहरादून के खेल गांव में आठ हजार खिलाड़ियों और अधिकारियों की रहने की व्यवस्था होगी जबकि हल्द्वानी के खेल गांव में चार हजार खिलाड़ियों और अधिकारियो के रहने की व्यवस्था होगी बालिका भर्ती पौड़ी जिले में हाल ही में अपने छोटे भाई को तेंदुए के हमले से बचाने के प्रयास में गंभीर रूप से घायल हुई बालिका राखी को दिल्ली के अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है उसकी हालत अब खतरे से बाहर है मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राखी के परिजनों से फोन पर बात कर उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की उन्होंने राज्य सरकार की ओर से हर तरह की मदद का भरोसा दिया उन्होंने कहा कि बालिका ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने छोटे भाई को बचाया उसकी वीरता पर सब गौर्वान्वित हैं मुख्यमंत्री ने दिल्ली स्थित उत्तराखंड के अपर स्थानिक आयुक्त को राखी के परिजनों के सम्पर्क में रहते हुए हर आवश्यक उपचार और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं

एक समाचार एजेंसी के मुताबिक पौड़ी के जिलाधिकारी डी एस गर्ब्याल ने कहा कि राखी का नाम केंद्र सरकार को बहादुरी पुरस्कार के लिये भेजा जायेगा

महोत्सव के अंतिम दिन झोड़ा चांचरी प्रतियोगिता आर्मी पाइप बैण्ड सांस्कृतिक प्रस्तुति और बालीवुड नाइट को लोगों ने खूब पसंद किया झोड़ा चांचरी प्रतियोगिता में उत्तराखण्ड लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली प्रतियोगिता में महिलाओं ने कई पहाड़ी झोड़े प्रस्तुत किये वहीं आज महोत्सव में आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया संगीत समारोह समापन चमोली जिले के कर्णप्रयाग में आयोजित चार दिवसीय आध्यत्मिक संगीत समारोह का समापन हो गया है समारोह में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संगीतज्ञों ने भाग लिया समारोह में पद्मभूषण पंडित मधुप मुदगल ने कबीर भजन और आध्यात्मिक संगीत से उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया वहीं लक्ष्मण द्वारिका और तारा सिंह डोडवे ने सुफियाना भजन और कबीर गायकी डॉविभा और आभा चौरसिया ने युगल बंदी और हेमा नेगी करासी ने गढ़वाली जागर की मनमोहक प्रस्तुति दी

इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

उप जिला निर्वाचन अधिकारी सरदार सिंह चौहान ने बताया कि सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों और स्थलों पर कड़ी नजर रखी जा रही है पंचायत चुनाव प्रशिक्षण त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए आज चमोली जिले के थराली में सभी जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ ही पुलिस अधिकारियों को निर्वाचन कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया

प्रशिक्षण में चुनाव ड्यूटी में नियुक्त अधिकारियों को निर्वाचन दायित्वों और कर्तव्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई तीसरे चरण में घेस पिनाउं बलाण हिमनी लोसरी सवाड चोटिंग सेरीगाड झलिया तोरती और हरमल मतदेय स्थल शैडो एरिया में है इन मतदेय स्थलों पर संचार सुविधा के लिए मजिस्ट्रेट्स को वायरलेस सेट दिए जाएंगे कार्यशाला ऋषिकेश ऋषिकेश में ग्राम पंचायत विकास योजना अभियान के तहत हिमालयी राज्यों में सामाजिक व आर्थिक रूपांतरण विषय पर कल से दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत कार्यशाला के शुभारंभ के अवसर पर मौजूद रहेंगे कार्यशाला के पहले दिन तीन तकनीकी सत्रों का आयोजन किया जाएगा पहले तकनीकी सत्र में ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के लिए जन योजना अभियान विषय पर चर्चा होगी दूसरे तकनीकी सत्र में हिमालयी राज्यों में जन योजना अभियान के माध्यम से विस्तृत जीपीडीपी प्राप्त करना विषय पर जबकि तीसरे तकनीकी सत्र में जीपीडीपी के साथ विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का संमिलन कंवर्जेंस विषय पर चर्चा की जाएगी

गौचर मेला गौचर का प्रसिद्ध राज्य स्तरीय मेला इस बार बहुआयामी अंदाज में देखने को मिलेगा

मेले में प्रदेश की लोक संस्कृति की आकर्षक झलक के साथ राष्ट्रीय स्तर के कई नए कार्यक्रम भी शामिल किए जाएंगे जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने संबधित अधिकारियों से मेले में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा की उन्होंने कहा कि कार्यक्रमों को अंतिम रूप देकर जल्द मेले का ब्राउसर तैयार किया जाएगा जिलाधिकारी ने कहा सांस्कृतिक संध्या पर राष्ट्रीय स्तर के फोक सॉन्ग बैलून डांस बॉलीवुड नाइट सर्कस नाइट कब्बाली कवि सम्मेलन सालसा केबीसी आदि कार्यक्रम शामिल किए जाएंगे इसके अलावा मेले में फन गेम्स मैजिक शो सहित वन टाइम एक्टिविटी वाले गेम्स को शामिल किया जाएगा मेले में फूड फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल बच्चों के फन गेम्स और सेल्फी प्वांइट भी रहेंगे उच्च स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा इस बार मेले में एडवेंचर स्पोर्टर्स के तहत हॉट बैलून और राफ्टिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी